राज्य में चल रही विभिन्न योजनाओं में गड़बड़ी करने वाले चौदह मुखिया को बर्खास्त कर दिया गया है पंचायती राज मंत्री कपिल देव कामत ने बताया कि राज्य की योजनाओं में लापरवाही की शिकायत मिलने पर छप्पन मुखिया पर कार्रवाई की जा रही है उन्होंने कहा कि बर्खास्त मुखियाओं पर भ्रष्टाचार और मनमानी करने का आरोप था मंत्री ने कहा कि इकतीस मार्च तक सभी ग्राम पंचायतों के जन प्रतिनिधियों की संपत्ति का ब्योरा जिलों की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जायेगा राज्य के दस अंचलाधिकारियों को कार्य में लापरवाही बरतने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है राजस्व और भूमि सुधार मंत्री राम नारायण मंडल ने बताया कि किसानों को परेशान करने वाले अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है मंत्री ने कहा कि दो अंचलाधिकारियों को बर्खास्त किया जा चुका है जबकि गया के सीओ ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली है उन्होंने कहा कि लापरवाह अंचलाधिकारियों की सूची बनायी जा रही है जिन पर कार्रवाई की जायेगी माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एसटीईटी की रद्द परीक्षा छब्बीस फरवरी को होगी इसके लिये बिहार बोर्ड ने प्रवेश पत्र जारी किया है जो सत्रह फरवरी से बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकेगा उल्लेखनीय है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने पटना मुजफ्फरपुर गोपालगंज और सहरसा के चार केंद्रों पर पिछले दिनों हुयी परीक्षा को गड़बड़ी के आरोप में रद्द कर दिया था

प्रदेश में सत्रह फरवरी से शुरू हो रही मैट्रिक परीक्षा में बाधा पहुंचाने वाले और मूल्यांकन कार्य नहीं करने वाले शिक्षक बर्खास्त किये जायेंगे पंचायती राज विभाग के प्रधान सचिव अमृत लाल मीणा ने बताया कि जो शिक्षक वीक्षण और कॉपी जांचने का कार्य नहीं करेंगे उन्हें अनुपस्थित मानते हुये विभागीय कार्रवाई की जायेगी और सेवा से बर्खास्त भी किया जा सकेगा वहीं शिक्षा मंत्री कृष्ण नंदन प्रसाद वर्मा ने शिक्षकों से हड़ताल नहीं करने और मैट्रिक की परीक्षा में सहयोग करने की अपील की है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने मैट्रिक की परीक्षा के संचालन के दौरान सोलह से चौबीस फरवरी तक के लिये एक नियंत्रण कक्ष की स्थापना की है जो चौबीस घंटे काम करेगा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि परीक्षा में संचालन के दौरान किसी भी प्रकार की समस्या आने पर द्रभाष संख्या शून्य छह एक दो दो दो तीन शून्य शून्य शून्य नौ और फैक्स नम्बर शून्य छह एक दो दो दो दो दो पांच सात पांच पर संपर्क किया जा सकता है केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की दसवीं और बारहवीं की परीक्षाएं आज से शुरू हो रही है इस वर्ष प्रदेश से दसवीं की परीक्षा में एक लाख चालीस हजार जबकि बारहवीं की परीक्षा में पचपन हजार परीक्षार्थी शामिल होंगे परीक्षा के लिए प्रदेश भर में दो सौ बहत्तर केन्द्र बनाये गये हैं निर्वाचन आयोग ने कहा है कि वह आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों के बारे में उच्चतम न्यायालय के ताजा निर्देश के अनुरूप मौजूदा नियमों में आवश्यक संशोधन करेगा आयोग ने कहा कि दस अक्टूबर दो हजार अठारह को जारी उसके विस्तृत दिशा निर्देश में भी यह स्पष्ट कहा गया है कि आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों और उनके दलों के बारे में जानकारी मतदाताओं के लिए सार्वजनिक की जानी चाहिए यह आदेश नवम्बर दो हजार अठारह के बाद से सभी चुनावों में लागू हुआ है उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि राज्य में प्रधानमंत्री विशेष पैकेज की राशि से जैन कांवरिया और गांधी टूरिज्म परिपथ का विकास किया जा रहा है इसके लिये लगभग दो सौ दो करोड़ रूपये की राशि दी गयी है उन्होंने कहा कि राजगीर में नब्बे एकड़ में अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स एकेडमी सह क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है उप मुख्यमंत्री ने कहा कि बोधगया में कल्वरल सेंटर का निर्माण कार्य इस वर्ष मई माह तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है जानी मानी कम्पनी आईटीसी राज्य में फूड प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना करेगी उद्योग मंत्री श्याम रजक ने बताया कि इसके लिये मुजफ्फरपुर जिले के मोतीपुर में स्थल का चयन किया गया है जहां बारह सौ करोड़ रूपये की लागत से औद्योगिक इकाई की स्थापना होगी राज्य के सरकारी स्कूलों और कार्यालयों में हर महीने एक दिन एक घंटा पर्यावरण बचाने के लिये टॉक शो होगा इस कार्यक्रम में छात्र और कर्मचारी पर्यावरण से संबंधित विषयों पर आपस में चर्चा करेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि इसके लिये सभी सरकारी स्कूलों कार्यालयों संगठनों और अन्य संस्थाओं में भी पर्यावरण से संबंधित संवाद कराये जायेंगे जिससे ज्यादा लोग जागरूक हो सकें राज्य के इकहत्तर हजार प्रारंभिक स्कूलों में यूथ और ईको क्लब की स्थापना की जायेगी बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के राज्य परियोजना निदेशक संजय सिंह ने बताया कि छात्रों के बीच खेलकूद और पर्यावरण की जानकारी देने के लिये पंद्रह मार्च के पहले तक इस योजना को लागू कर दिया जायेगा राज्य सरकार गांवों में लगभग नब्बे हजार कुओं का उन्नयन और जीर्णोद्वार करायेगी पंचायती राज विभाग के निदेशक चंद्रशेखर ने बताया कि पंद्रहवें वित्त आयोग से मिलने वाली राशि से यह कार्य कराया जायेगा पटना उच्च न्यायालय ने उत्पाद विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि शराब पीने वाले व्यक्ति के पास से कोई बोतल जब्त की जाती है तो उसकी एफएसएल जांच करायी जाये न्यायालय ने शराब पीने के आरोप में गिरफ्तार चालीस आरोपियों की जमानत के मामले पर सुनवाई करते हुये यह आदेश दिया है जिसमें आरोपियों ने न्यायालय से कहा कि उन्हें गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया है शिक्षा विभाग ने माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक पद के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच प्राथमिकता के आधार पर कराने का निर्देश दिया है माध्यमिक शिक्षा निदेशक गिरिवर दयाल सिंह ने बताया कि जिलों के स्थापना डीपीओ को आदेश दिया गया है कि पांच मार्च तक अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र की जांच और सत्यापन करा लें जिसके बाद उन्हें नियोजन पत्र दिया जा सके बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है मुख्य परीक्षा के लिये तिरसठ हजार सात सौ उनतालीस छात्र सफल घोषित किये गये हैं आयोग के सचिव ओम प्रकाश पाल ने बताया कि लगभग आठ लाख नब्बे हजार छात्रों ने परीक्षा दी थी उन्होंने कहा कि विभिन्न विभागों के बयालीस श्रेणी में तेरह हजार दो सौ पदों पर नियुक्ति की जायेगी पटना पुलिस ने गया पटना मुख्य मार्ग पर अवैध रूप से गिट्टी बालू ले जा रहे बासठ वाहनों को जब्त किया है वाहन जांच के दौरान कई चालकों के पास फर्जी चालान मिले जबकि कई वाहनों पर ओवरलोडिंग की गयी है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग समाचारों को अपनी प्रमुख खबर बनाया है हिन्दुस्तान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हवाले से लिखा है जल स्त्रोतों पर बसे गरीबों को दूसरी जगह बसायें दैनिक जागरण की बड़ी खबर है अब फांसी की सजा के खिलाफ सुनवाई की समयसीमा तय प्रभात खबर ने लिखा है शराबमुक्त भारत बनाने के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे सीएम नीतीश कुमार दैनिक आज की सुर्खी है आपराधिक रिकॉर्ड वाले प्रत्याशी नहीं लड़ पायेंगे चुनाव